कोरोना के कारण रेलवे की लंबित परीक्षाएं पंद्रह दिसम्बर से होंगी

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर राष्ट्रीय औसत से ग्यारह प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वस्थ होने की दर अठासी दशमलव शून्य एक प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार नौ सौ पैंसठ मरीज संक्रमण मुक्त हुये हैं अब तक एक लाख अट्ठाईस हजार तीन सौ छिहत्तर मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो चुके हैं वहीं इसी कार्यकाल में एक हजार सात सौ सत्ताईस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक लाख पैंतालीस हजार आठ सौ इकसठ हो गई है विभिन्न जिलों में अभी सोलह हजार सात सौ चौंतीस सक्रिय मामले हैं इनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है अब तक कोरोना से सात सौ पचास व्यक्ति की मौत हो चुकी है कल एक लाख पचास हजार चार सौ तिरासी नमूनों की जांच की गई इसे मिलाकर अब तक अड़तीस लाख इकहत्तर हजार सात सौ तैंतीस नमूनों की जांच हो चुकी है कल सबसे अधिक पटना से दो सौ बीस मामले सामने आये हैं मुजफ्फरपुर से एक सौ छब्बीस पूर्णियां से अंठानवे अररिया से तेरासी पूर्वी चम्पारण से तिहत्तर मधुबनी से सड़सठ सहरसा से चौंसठ और पश्चिम चम्पारण से अंठावन मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि कोविड उन्नीस के रोकथाम के लिये बने मानदंडों के उल्लंघन करने के आरोप में कल चार सौ नब्बे वाहन जब्त किये गये हैं और सोलह लाख छियासठ हजार रुपए की राशि जुर्माने के रुप में वसूल की गई है उन्होंने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिये निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में एक अगस्त से अब तक नब्बे प्राथमिकी दर्ज गई है और एक सौ छियासठ लोगों की गिरफ्तारी हुई है कुल इक्कीस हजार सात सौ चौंसठ वाहन जब्त किए गए हैं और छह करोड़ से अधिक रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए गए हैं देश में कोविड उन्नीस के मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव दो तीन प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वालों की संख्या इकतीस लाख से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि से देश में कोविड मामलों की संख्या में कमी आई है और अब यह कुल मामलों का इक्कीस दशमलव शून्य चार प्रतिशत हो गई है इस संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन तथा टेस्ट ट्रैक और ट्रीट नीति से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है इस समय देश में मृत्यु दर एक दशमलव सात तीन प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में दस लाख उनसठ हजार से अधिक कोविड जांच की गई है अब तक चार करोड़ सतहत्तर लाख जांच की जा चुकी है जांच प्रयोगशालाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुई है अभी सरकारी क्षेत्र की एक हजार छब्बीस और निजी क्षेत्र की छह सौ सत्रह प्रयोगशालाओं सहित कुल एक हजार छह सौ तैंतालीस प्रयोगशालाएं लोगों को विस्तृत जांच सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड उन्नीस परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है जिसमें लोगों के लिए मांग पर परीक्षण की सुविधा देने की बात कही गई है इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती हैं परामर्श में कहा गया है कि राज्यों के स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार इसमें संशोधन कर सकते हैं दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम के सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है साउंड बाईट ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढ़के रखना अति आवश्यक है अगर हम कई दफा ये देखते है कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है या तो मास्क से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोडी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क ये गलत तरीका है और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें अगर वो कपड़े का है तो उसे धोकर सुखाकर दोबारा इस्तेमाल करें और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकारी पदों के लिये की जाने वाली भर्तियों पर कोई रोक नहीं लगायी गई है केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग के जारी परिपत्र पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह केवल अंदरूनी प्रक्रिया के लिए पद सर्जित करने से संबंधित है इस परिपत्र का भर्ती पर कोई असर नहीं होगा और न ही इसमें कोई कटौती होगी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार में पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है कर्मचारी चयन आयोग संघ लोक सेवा आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड सहित अन्य एजेंसियों की भर्ती प्रक्रिया बिना किसी रोक के जारी रहेंगी कोरोना के कारण रेलवे की लंबित परीक्षाएं पंद्रह दिसम्बर से होंगी

परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि अभ्यार्थियों की सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा रेलवे तीन श्रेणियों के कुल एक लाख बयालीस हजार पदों के लिये भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा इन पदों के लिये होने वाली परीक्षाओं में ढाई करोड़ से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे रेलवे सूत्रों ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले के आसपास की जगहों पर ही बनाये जायेंगे देशभर में आज एनडीए की परीक्षा आयोजित की जा रही है पटना प्रमंडल में बानवे परीक्षा केंद्र बनाये गये है लगभग इकतालीस हजार परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं परीक्षा को लेकर यूपीएससी ने गाईडलाइन जारी किया है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है सभी परीक्षार्थियों के लिये मास्क पहनना और हैंड सैनिटाइजर लाना अनिवार्य है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस को इक्कीसवीं सदी का क्रांतिकारी सुधार बताया है उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि देश का कुल प्रवेश अनुपात जी ई आर अगले दस वर्ष में मौजूदा पच्चीस प्रतिशत से दुगुना हो जाएगा उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस युवाओं को सशक्त और कौशलयुक्त करेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों का विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक प्रसार बढ़ा है और इनकी मांग में वृद्धि हो रही है इससे देश में कुल प्रवेश अनुपात में इजाफा होगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में श्रूआती शिक्षा जिज्ञासा आधारित शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण आधारभूत और गणितीय साक्षरता पर जोर दिया गया है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये उन्होंने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुये कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में बिहार विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका होगी श्री प्रसाद ने कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिये भी नये माध्यमों का सहारा लेना चाहिये आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है चुनाव आयोग कल और परसों सभी जिलाधिकारियों निर्वाची पदाधिकारियों निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेगा और चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेगा इस दौरान चुनाव से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी बातचीत होगी उधर राजनीतिक दलों के पटना स्थित प्रदेश मुख्यालय में टिकट के दोवदारों की भीड़ देखी जा रही है दिनभर हर पार्टी कार्यालय के बाहर भीड़ लगी रहती है चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आठ सितंबर को और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडनवीस नौ सितंबर को पटना आ रहे हैं भाजपा ने चुनाव की तैयारी को लेकर विभिन्न कमीटियों का गठन कर दिया है और कामों का बंटवारा कर दिया है जदयू के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वर्चुअल रैली के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया पूर्व मध्य रेल ने मेम् डेमू और इंटरसिटी के बाद अब बारह सितंबर से बीस और स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेल मंत्रालय ने बारह सितंबर से पहले से चलाये जा रहे श्रमिक स्पेशल तीस एसी स्पेशल और दो सौ स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त अस्सी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है इनमें ईसीआर के क्षेत्राधिकार से आठ ट्रेनें जबकि पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली बारह स्पेशल ट्रेन शामिल हैं श्री कुमार ने बताया कि इन स्पेशल ट्रेनों का परिचालन नियमित ट्रेनों के पैटर्न और संयोजन पर किया जायेगा ये स्पेशल ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों में कोई भी अनारक्षित कोच नहीं होगा मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच में पांच बच्चों को तेज बुखार और चमकी की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई है जबकि तीन बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है अररिया जिले के सिमराहा थाना में पदस्थापित महिला कांस्टेबल श्रृति कुमारी की आत्महत्या के मामले में नरपतगंज के थानेदार को निलंबित करने के बाद गिरफ्तारी के आदेश दिया गया है कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ई टिकट की कालाबाजारी और दलाली करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से उग्र ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गये सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार कर लिया सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में बाढ़ के पानी में एक युवक की ड्रबकर मौत हो गयी भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई तथा तीन अन्य घायल हो गए शिवहर जिले के हिरम्मा थाना क्षेत्र में बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ने से पिछले एक सप्ताह में चौबीस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि पांच दिनों से मौसम पूरी तरह श्रष्क बना हुआ है हालांकि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक संजय कुमार ने आज राज्य में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जतायी है श्री कुमार ने बताया कि मॉनसून की अक्षीय रेखा मणिपुर पश्चिम बंगाल झारखण्ड और बिहार होते हये उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है जिससे प्रदेश में पंद्रह सौ मीटर की ऊंचाई पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है इसके कारण आज सिवान गोपालगंज पूर्वी और पश्चिमी चंपारण मधुबनी तथा बक्सर में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है इस दौरान अधिकतर स्थानों पर बादल छाये रहेंगे मौसम विभाग के अनुसार दो दिनों बाद मौसम में बड़े बदलाव के आसार हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संप्रभुता से समझौता नहीं होगा इसी अखबार ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है शौविक नशीली दवा के लेनदेन में शामिल दैनिक भास्कर ने कोरोना की रोकथाम के लिये बिहार की पहल को शीर्षक दिया है कोरोना को हराने में बिहार नम्बर वन दैनिक जागरण ने पुलिस बल पर हुये हमले को प्रमुख खबर बनाते हुये लिखा है शराब तस्करों के हमले में एएसआई समेत दो जख्मी इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है आरक्षण वर्गीकरण पर कई राज्यों ने साधी चुप्पी प्रभात खबर ने रेलवे द्वारा नई विशेष ट्रेन चलाने के निर्णय को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बारह सितंबर से चलेंगी अस्सी नई ट्रेनें बिहार से विक्रमशिला एक्सप्रेस सहित दस जोड़ी ट्रेन चलेंगी और अब अंत में मुख्य समाचार राज्य में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर अठासी प्रतिशत पहुंची

कोरोना के कारण रेलवे की लंबित परीक्षाएं पंद्रह दिसम्बर से होंगी